विपक्षी दल अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसानों का इस्तेमाल कर रहे है

बार बार हाथ धोना मास्क और दो गज की दूरी अभी भी है जरूरी कोरोना उचित व्यवहार का पालन करे यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत के किसान अब और ज्यादा देर प्रगति के बिना नहीं रह सकते आज मध्यप्रदेश किसान महासम्मेलन को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सम्बोधित करते हये श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले छः वर्षो में किसानों की सभी जरूरतों को ध्यान में रखते हये कड़ी मेहनत की है

श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने देश के प्रत्येक किसान के लिए किसान क्रोडिट कार्ड सुविधा का विस्तार किया है ताकि वे आसानी से आर्थिक जरूरत पूरी कर सके प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार शीत भंडारण और गोदामों पर जोर दे रही है श्री मोदी ने व्यवसाय और उद्ययोगों को नये खाद्य प्रसंस्करण उद्यम कायम करने के लिए आध्रनिक भंडारण प्रणाली शीत भंडार बनाने में निवेश करने और अपना योगदान देने की अपील भी की विपक्षी दलों की आलोचना करते हुये श्री मोदी ने कहा कि विपक्षी दल किसानों का अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे है

इस अवसर पर श्री राजनाथ ने कहा कि मिलिटरी साहित्य मेले की शुरूआत पंजाब बीरो और योद्वाओं की धरती से हई है ये अपने आप मे इस समारोह के लिए उपयुक्त है रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा संस्कृति और परम्पराओं बारे समारोह अगर वहीं हो सकता था तो युवाओं को सैन्य साहित्य के बारे में जानने और सेना में जाने के लिए प्रेरित करने हेतु मंच उपलब्ध करवाने के लिए आयोजकों की सराहना की पिछली बार संसद सत्र के कारण इस समारोह में शामिल न होने पर अफसोस जताते हये रक्षा मंत्री ने कहा कि वे किताबों पर चर्चा पैनल चर्चा बहाद्री के कारनामों सहित समारोह की सभी कार्रवाईयों के साथ जूड़ रहे है रक्षा मंत्री ने लोगों विशेषकर युवाओं को अपने आज को फौजी जीवन के अन्युसार ढालने की अपील की ताकि जरूरत पड़ने पर वे देश के काम आ सके रक्षा ने कहा कि आज मोबाइल भी मिज़ाइल की तरह सक्षम है और युवाओं को साइबर जैविक और सूचना क्षेत्र में शौध करके सेना की मदद करने को कहा है मिलिटरी साहित्य मेले के लिए जय जवान जय किसान सहित चुने गये विषयों की सराहना करते हये रक्षा मंत्री ने विश्वास व्यकत किया कि यह मेला क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय महत्व की चर्चा के लिए मंच मुहैया करवाता है केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने किसान समुदाय से अपील की है कि वे नये कृषि कानूनों के बारे में किये जा रहे गलत गलत प्रचार और अफवाहों से भ्रमित न हो श्री तोमर ने किसानों से इन कानूनों से सम्बधित तथ्यों को समझने और बातचीत करने का आग्रह भी किया है लोगों के नाम नाम जारी एक पत्र में श्री तोमर ने किसानों को आग्रह किया कि वे इन कानूनों के खिलाफ उन्हें भड़काने वाले राजनीतिक दलों के बहकावे में न आये जो अपने राजनीतिक हितों के लिए उन्हें गुमराह कर रहे है उन्होंने कहा कि पिदले दश्कों से देश में केवल घोषणाओं से वोट हासिल करने की राजनीति चल रही है और जो सरकार अपनी घोषणाओं का ईमानीदारी से लागू कर रही है उसे विरोध का सामना करना पड़ रहा है श्री तोमर ने कहा कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी और अकाली दल सहित विभिन्न दल जो किसान को अपनी उपज बेचेने के लिए स्वतंत्र बाज़ार देने की बात करती है वे अब इन कानूनों का विरोध कर रहे है कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अधिकतर गोदाम शीत भंडार या प्रसंस्करण केन्द्र गांवों की बजाय बड़े शहरों के नजदीक स्थित है जिसके कारण किसान इसका पूरा लाभ नहीं उठा पाते उन्होंने कहा कि इस असंतुलन को दूर करने के लिए अब एक लाख करोड़ रूपये का कृषि अवसंरचना कोष कायम किया गया है श्री तोमर ने किसानों की ज़मीन छिन जाने की शंकाओं को दूर करते हये कहा कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है उन्होंने कहा कि नये कानूनों में स्पष्ट किया गया है कि किसानों और व्यापारियों के बीच अन्वंध केवल फसल के लिए होगा और ज़मीन किसानों की ही सम्पति रहेगी कृषि मंत्री ने कहा कि जो सरकार गांव में रहने वाले हर परिवार को स्वामित्व योजना के तहत मकान का अधिकार दे रही है वो किसानों की एक इंच ज़मीन भी किसी को छीनने नहीं देगी हरियाणा पश्ध्न आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं बीजेपी नेता ऋषि प्रकाश शर्मा ने कहा है कि सरकार पूरी तरह किसान हितैषी है और तीनों नये कानून किसानों की भलाई के लिए बनाये गये है भिवपनी में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज तक जो फैसले लिये हे वो जनहित में है

आज फरीदाबाद में तीन और पंचकूला में दो कोविड मरीजों की मृत्यु भी हुई है

पकड़े गये युवकों की पहचान गांव धांगड़ निवासी सुनील और ढाणी गिलांवाली निवासी सुशील के रूप में हुई है पुलिस अधिकारी अजायब सिंह ने बताया कि प्रारंभिग पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो चूरापोस्त् राजस्थान के भिलवाड़ा के नज़दीक एक ढावे से लेकर आये थे

चौधरी चरण सिंह हरियाण कृषि विश्वविद्याय हिसार के कृलपति प्रो समर सिंह नेएक वेबीनार के दौर ऑन लाइन माध्यम से सीसीएसएचएयू ई लाइब्रेरी एप की शुरूआत की वेबीनार का विषय भी मोबाइल ई लाइब्रेरी एप के माध्यम से ई संसाधनों के उपयोग व जागरूकता प्रदान करना था इसी के साथ ही चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मोबाइल एप्प के माध्यम से पुस्तकालय लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान करने वाले प्रमुख कृषि विश्वविद्यालयों में शामिल हो गया है

हरियाणा में अधिकतर स्थानों पर शीत लहर चल रह है

चंडीगढ़ में भी अधिकतम तापामन सामान्य से दो डिग्री कम और न्यूनतम तापामन भी दो डिग्री कम दर्ज किया गया है

विभाग के अनुसार कल और परसो भी कई स्थानों पर अत्याधिक ठंड पड़ने के आसार है